श्री गहलोत ने आज एक ट्वीट कर कहा कि कोरोना से बचाव के लिए मास्क ही वैक्सीन है प्रदेश में चल रहे कोरोना के विरूद्व जन आंदोलन के साथ ही सरकार कानून बनाकर मास्क को अनिवार्य करने जा रही है इससे पहले कल राज्य सरकार ने कोरोना महामारी को देखते हुए प्रदेश में पटाखों की बिकी और आतिशबाजी पर रोक लगा दी है

शाम को प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया अपनी बात रखेंगे इसके बाद सरकार की ओर से जवाब दिया जाएगा राज्य सरकार की ओर से केन्द्र द्वारा हाल ही में पारित किए गए तीन कृषि कानूनों में बदलाव के लिए ये विधेयक लाए गए हैं

महामारी संशोधन विधेयक के जरिये राज्य में मास्क पहनना अनिवार्य किया जा रहा है सदन में शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं रखा गया है और कोरोना गाइड लाइन की पालना की जा रही है

चिकित्सा मंत्री डॉ रघु शर्मा और चिकित्सा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया

उन्होंने कहा कि इस रैली के माध्यम से लोगों को मास्क पहनने बार बार हाथ धोने और सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए जागरूक किया जा रहा है

इस बीच परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने गुर्जर समाज के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि सरकार बातचीत के लिए तैयार है

इधर भरतपुर जिले के पीलूपुरा में महापड़ाव के कारण दिल्ली कोटा रेल मार्ग अभी भी बाधित है कोटा जनशताब्दी और देहरादून कोटा एक्सप्रेस को रद्द कर दिया गया है इसके अलावा लगभग एक दर्जन ट्रेनों को परिवर्तित मार्गों से चलाया जा रहा है वहीं भरतपुर करौली हिण्डौन और दौसा डिपो की कई बसों का संचालन भी रोक दिया गया है प्रशासन ने एतिहात के तौर पर भरतपुर और करौली जिले में इंटरनेट पर रोक लगा रखी है जयपुर जिले की आठ तहसीलों में भी इंटरनेट सेवा बंद की गई है